ये विद्यालय भरमौर पांगी और लाहौल में खोले गए हैं

ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज समर्थ ऊना कार्यक्रम के तहत लमलैहड़ी में बांस उत्पादन परियोजना के शुभारंभ अवसर पर ये जानकारी दी

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि राज्य सरकार बांस आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है और इसके उत्पाद बनाने वाले कारीगरों को प्रोत्साहित किया इस बीच वीरेन्द्र कंवर ने लमलैहड़ी स्कूल के वार्षिक समारोह में मेधावी बच्चों को पुरस्कार जा रहा है बांटे

नागरिकता संशोधन सांसद किशन कपूर ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है चंबा में आज भाजपा द्वारा इस कानून के समर्थन में निकाली गई जागरूकता रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दल देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो पूरी तरह गलत है किशन कपूर ने कहा कि इस कानून के तहत किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी बल्कि पड़ौसी देशों में धर्म के नाम पर प्रताड़ित लोगों को इसमें नागरिकता देने का प्रावधान है किशन कपूर ने चंबा में ज़िला स्तरीय विकास समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की मौसम प्रदेश के जनजातीय और ऊपरी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के बाद सामान्य जनजीवन अभी भी बुरी तरह प्रभावित है और लोगों को आने जाने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है राजधानी शिमला के अंदरूनी भागों में आज तीसरे दिन भी यातायात बहाल नहीं हो पाया और बसें न चलने से लोगों को भारी कठिनाई हो रही है शिमला में वाया लक्कड़ बाज़ार मार्ग अभी भी यातायात के लिए बंद है और सड़क पर भारी बर्फ जमी हुई है शहर के कई इलाकों में आज भी दूध व ब्रैड जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित रही जबकि कृछ क्षेत्रों में पेयजल किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है शिमला ज़िले के ऊपरी इलाके आज तीसरे दिन भी दुनिया के अन्य भागों से कटे रहे हालांकि प्रशासन द्वारा सड़कों पर रेत व मिट्टी डालने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है ताकि फिसलन को कम किया जा सके शिमला में आज भी लोगों को अपने कार्यालयों और अन्य गंतव्यों के लिए पैदल ही जाना पड़ा सड़कों व रास्तों पर फिसलन की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है और गिरने के कारण स्थानीय लोगों व पर्यटकों को चोटें भी आ रही हैं शिमला सोलन मार्ग पर यातायात सामान्य रूप से चल रहा है जबकि शिमला बिलासपुर मार्ग पर भी घंटों ट्रैफिक जाम लग रहा है

लाहौल स्पिति ज़िले में भी भारी बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है और लोगों को एक से दूसरे स्थान पर जाने में दिक्कत आ रही है कड़ाके की ठंड के कारण पानी की पाईपें जमने से जलापूर्ति बाधित है